मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग का दिया भरोसा चमोली जिले में निजमुला घाटी के पास वाहन दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु

आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय नेतृत्व की क्षमता और ताकत को नया आयाम मिला है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सभी देश एकजुट हुए हैं

देश की बिगडती अर्थव्यवस्था पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रोजगार और उद्योग से जुड़ी नई आर्थिक नीतियों के चलते देश में आर्थिक व्यवस्था में नई तकनीकों और नवाचार का प्रयोग हो रहा है इससे थोड़ी मुश्किलें जरूर होंगी लेकिन भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी डॉ निशंक ने हरिद्वार में गायत्री तीर्थ शांतिकंज के प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या से भी मुलाकात की सीएम उद्योगपति मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि राज्य में निवेश करने वाले समी उद्यमियों को हर सम्भव सहयोग दिया जाएगा मुम्बई में उद्योगपति पवन गोयनका आदि गोदरेज मोहनदास पाई अजय पिरामल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का शांत वातावरण और कूशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए अनुकूल है राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो संविधा शुरू की गई है वहीं मशहर निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की उन्होंने एकता कपूर को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया साथ ही कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शूटिंग के लिए पूरा सहयोग और प्रोत्साहन दिया जा रहा है सीएम मुंबई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निवेशकों को आगामी अप्रैल महीने में प्रदेश में होने वाले वेलनेस समिट में आमंत्रित किया है कल मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सौंदर्य योग व आध्यात्म वेलनेस और निवेश की संभावनाओं पर अपने विचार रखे

प्रदेश को न केवल प्रकृति ने खूबसूरत बनाया है बल्कि यहां का परिश्रमी मानव संसाधन अपनी ईमानदारी के लिए विशेष पहचान रखता है उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विकास को नयी पहचान दिलाने के लिए एयर कनेक्टीविटी रेल और रोड कनेक्टीविटी के साथ ही अब इसमें चौथा आयाम रोपवे कनेक्टीविटी को भी जोड़ा गया है उन्होंने निवेशकों से अपील करते हुए कहा कि यहां निवेश करने पर बेहतर जलवायू प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर शांति और कानून व्यवस्था इन्वेस्टर्स फ्रेंडली सिस्टम के साथ ही श्रम असंतोष की कोई समस्या नहीं होगी

आज रविवार की छुट्टी होने के चलते नामांकन नहीं हुए जबकि नामांकन के लिए अभी दो दिन भोश हैं

केदारनाथ धाम मॉनसन सीजन में मले ही यात्रा धीमी गति से चल रही हो लेकिन केदारधाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं रुद्वप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने कल केदारनाथ धाम में चल रहे प्नर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में तेजी लाने के साथ ही गणवत्तापूर्ण कार्य समय से पूरे करने के निर्देश दिये उन्होंने आदि शंकराचार्य समाधि स्थल का भी निरीक्षण कियाँ इसके अलावा सरस्वती नदी में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार और आस्था पथ का भी निरीक्षण किया

इस यात्रा सीजन से पूर्व ही आस्था पथ का कार्य पूर्ण हो जाएगा

धाम से गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग का जिलाधिकारी ने पैदल चलकर जायजा लिया गौरीकुण्ड में निर्मित कुंड के संबंध में जिलाधिकारी में कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य भाुरू करने के निर्देश दिये

हादसा कल देर शाम को हुआ सूचना के मुताबिक निजमुला से सैंजी गाँव जा रहा वाहन थल्ली तोक में ब्यारा पुल के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया जिला आपदा कन्ट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार वाहन में सवार चार लोगों की मौके पर ही मृत्यू हो गई पूलिस और तहसील प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों मृतकों के शव घटना स्थल से बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं

इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पिथौरागढ़ के नितेश पांगती को दिया गया

जागरूकता कार्यक्रम अल्मोड़ा में इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ई कचरा के दृष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रति जागरूकता लगभग शून्य है उन्होंने सभी लोगों से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रबन्धन और उसके निपटारे के लिए जागरूक होने की अपील की कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय के निदेशक डॉ संजीव चटर्जी ने कहा कि भारत वर्तमान में दनिया का ई कचरे का चौथा सबसे बडा उत्पादक है

उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है

इसके लिए जिले के सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अंतिम चरण का प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण में दुकानदारों को प्रोजेक्टर के माध्यम से राशन कार्ड ऑनलाइन करने आधार से लिंक करने और पीओएस पद्धति आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई जिलापूर्ति अधिकारी शिल्पी शुक्ला ने बताया कि अगले महीने से जिले की सभी सस्ता गल्ला द्कानो में ऑनलाइन राशन वितरण का काम शुरू हो जाएगा उन्होंने बताया कि ऑनलाइन राशन वितरण के लिए सभी विक्रेताओं को सरकार की ओर से लैपटॉप दे दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को कई चरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद जो भी कमी रहेगी उसे संबंधित दुकानों में ही दूर करने के प्रयास किए जाएंगे

बैठक में समी वार्डों के पार्षद नगर आयुक्त और मेयर मौजूद रहे बैठक में शहर को प्लास्टिक से निजात दिलाने के विषय के साथ साथ डेंग से कैसे निबटा जाए इसको लेकर चर्चा की गई मेयर सनील उनियाल गामा ने बताया की जनता को जागरूक करने के साथ ही बाजारों और रिहायशी इलाकों को प्लास्टिक मुक्त बनाने को उदेश्य से विशेष अभियान चलाया जाएगा साथ ही डेंगू से कैसे बचाव किया जाए इसको लेकर भी आने वाले दिनों में कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन मानस को जागरूक किया जाएगा वायुसेना प्रमुख वायुसेना प्रमुख बी एस धनोवा ने कहा है कि भारतीय वायुसेना में रफाल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी द्रदर्शन समाचार के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि रफाल एक बहउपयोगी युद्धक विमान े है और दक्षिण ऐशिया में किसी भी अन्य देश की वायुसेना में इसका मुकाबले करने की क्षमता नहीं है एयरचीफ मार्शल धनोवा ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना में पायलटों की कोई कमी नहीं है